ई ऑफिस प्रणाली मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार ने ई प्रणाली को बढ़ावा दिया है कार्यालयों के ई ऑफिस प्रणाली से ज्इने से कार्यो में पारदर्शिता के साथ गतिशीलता भी आयेगी आज म्ख्यमंत्री ने देहरादून विकास भवन और देहरादून सदर तहसील कार्यालय में ई ऑफिस प्रणाली का श्भारम्भ किया इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि ई ऑफिस प्रणाली से कार्यो में तेजी आयेगी और लोगों को कार्यालयों में नहीं भटकना पड़ेगा फाइलों की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त होगी इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी

आपको बता दें कि वर्तमान में रेल लाइन देवबंद से सहारनप्र होकर रूड़की आती है इस दूरी को कम करने के लिये यह नई रेल लाइन बनाई जा रही है डिजिटल अभियान भारतीय जनजातीय वाणिज्य विपणन संघ ट्राइफेड ने जनजातीय सम्दाय से संबधित वाणिज्य को बढ़ावा देने और उनकी आजीविका संबर्धन के लिए एक समग्र डिजिटल अभियान श्रू किया है इसके तहत गांवों में रहने वाले जनजातीय उत्पादकों और कारीगरों को ई मंच के जरिए राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाएगा ट्राइफेड ने उत्पादों की बिक्री के लिए पूरे देश में क्छ ही जिलों का चयन किया है जिसमें चमोली जिला भी शामिल है जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आजीविका से जुड़े सभी रेखीय विभागों की बैठक लेते हए जिले के स्थानीय उत्पादों की अच्छी पैंकेजिंग लेबलिंग और उत्पादों को ट्राइफेड के जरिए ई मार्केट से जोड़ने के लिए तैयार करने के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के काश्तकारों की आजीविका संवर्धन के लिए यह बहत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है स्थानीय उत्पादकों के उत्पाद सीधे ई मार्केट से जूड़ने से जहां जिले के लोकल उत्पादों को अंतराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिलेगी वहीं उत्पादकों को भी इसका सीधा फायदा होगा जिलाधिकारी ने बताया कि ट्राइफेड ने जनजातीय उत्पादों के विपणन के लिए चमोली अल्मोड़ा और उत्तरकाशी जिलों का ही चयन किया है जिससे यहां के उत्पादकों और कारीगरों को अच्छा फायदा मिल सकता है कषि मंत्री प्रदेश के कृषि मंत्री स्बोध उनियाल ने टिहरी जिले के नौथा में एग्रो क्लस्टर फार्म नौथा के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की उन्होंने प्रथम चरण में एग्रो क्लस्टर स्थापित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करने के निर्देश दिये

चंपावत टेस्टिंग चम्पावत जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हए जिलाधिकारी स्रेंद्र नारायण पांडेय ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा कि अब सैंपलिग बढ़ाना आवश्यक हो गया है उन्होंने पर्यटन अधिकारी को इंस्टीट्यूशन और फैसेलिटी क्वारंटाइन में रहे लोगों का डाटा अपडेट रखने के निर्देश दिये जिलाधिकारी ने सैंपलिंग बढ़ाने के साथ ही बीमार लोगों गर्भवती महिलाओं ब्ज्गों कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फ्लू किलिनिक में आये लोगों की सैंपलिंग शत प्रतिशत करने के भी निर्देश दिये

पीपीई किट डिस्पोजल देहरादून स्थित एक विश्वविद्यालय ने इस्तेमाल की गई पीपीई किट को डिस्पोज कर बायोऑइल बनाने का दावा किया है यूनिवर्सिटी का कहना है कि बायोऑइल बनाने का पूरा फार्मेट तैयार कर लिया गया है और सरकार की अन्मति के बाद इसका प्रोडक्शन भी श्रू कर दिया जाएगा

मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है राजधानी देहरादून समेत गढ़वाल और क्माऊं मंडल के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है कई घरों द्कानों पेयजल और बिजली की लाइनों को न्कसान पहुंचा है भूस्खलन से जगह जगह सड़कें बंद हैं हालांकि क्छ सड़कों को खोला जा च्का है और यातायात बहाल किया गाय है

जिले में बारिश के कारण किसानों की खड़ी फसलों को भी न्कसान पहुंच रहा है नदियां भी उफान पर है मौसम विभाग ने कल देहरादून टिहरी और नैनीताल जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल इसका उद्घाटन किया था

देहरादून के उद्योगपति अनिल गोयल का कहना है कि यह केंद्र सरकार का सराहनीय कदम है

हरिद्वार में बिछाई जा रही भूमिगत केबल में अनियमितताओं और इसमें खोदे जा रहे गड्ढों से होने वाली द्र्घटनाओं की शिकायतों पर यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक नीरज खैरवाल ने हरिद्वार का दौरा किया उन्होंने कार्य का निरीक्षण कर जिलाधिकारी सी रविशंकर और मेला अधिकारी दीपक रावत के निर्देशन में टास्क फ़ोर्स बनाकर कार्य की लगातार मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए